आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

बजट सत् गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन आज गन्ने के समर्थन मूल्य का मुद्दा छाया रहा

कांग्रेस विधायक काजी निजाम्ददीन ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष डॉ इन्दिरा हृदयेश ने कहा गन्ने की खेती कैश क्रॉप है लेकिन कैश नहीं मिलने से अब किसान गन्ने की खेती से दूर होते जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पहले गन्ना तैयार होने से पहले गन्ने का मूल्य निर्धारित हो जाता था लेकिन इस बार नहीं हआ है सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने जबाव देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के मसले पर संवेदनशील है उन्होंने कहा कि देश के जो पांच राज्य इस समय गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित करते हैं उनमें उत्तराखण्ड भी शामिल है इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मूल्य राज्य सरकार दे रही है सरकार के जवाब से संतुषट न होने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने तीन विधेयक सदन में प्नर्स्थापित किए

विधानसभा भवन परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बजट में किए गए प्रावधानों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्य के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में विशेषकर चार बातों पर फोकस किया गया है जिनमें स्वस्थ उत्तराखण्ड स्गम उत्तराखण्ड स्वावलम्बी उत्तराखण्ड और स्रक्षित उत्तराखण्ड शामिल हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी योजना से लेकर सौभाग्यवती योजना के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि धान और गेहं पैदा करने वाले किसानों को घास प्रजाति की मक्का जई और बरसीन बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ऐसे में वे अनाज से ज्यादा पैसा इन फसलों से ले सकते हैं फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से जिलों में घास को पहंचाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौभाग्यवती योजना शुरू करेगी इसके तहत जच्चा बच्चा को एक किट दी जाएगी जिसमें बच्चे और मां दोनों के लिए जन्म के समय की आवश्यकता वाली चीजों को दिया जाएगा इसका लाभ पहले बच्चे को दिया जाएगा यह योजना सरकारी कर्मचारियों और टैक्स पेयर को छोड़कर सब पर लागू होगी

भराइीसैंण दीपोत्सव ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण की घोषणा के एक वर्ष पूरे होने पर कल भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक संध्या और दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया

सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों और स्कूली छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किये

टीकाकरण के बाद राज्यपाल लगभग तीस मिनट की अवधि तक चिकित्सकों की निगरानी में रहीं राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका बिना किसी डर के जरूर लगवाएं

अर्जन मंडा एबीएसएनएए मसूरी स्थित लाल बहाद्र शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ट्राइब्स इंडिया के आर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया शोरूम का आज केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्ज्न मूंडा ने उद्घाटन किया इस मौके पर उन्होंने ट्राइफेड और अकादमी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय जीआई महोत्सव का निरीक्षण भी किया केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न स्थानों से आए कारीगरों के साथ बातचीत भी की अर्ज्न मंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के तहत जनजातीय क्षेत्रों के हस्तकला व खाद्य उत्पादों को लोगों से जोड़कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं अखाडा पेशवाई हरिद्वार में आज आनंद अखाड़ा और जूना अखाड़े के साथ चलने वाले अग्नि अखाड़े की पेशवाई अलग अलग स्थानों से निकाली गई इससे पहले निरंजनी और जूना अखाड़े की पेशवाई निकल चुकी है शोभायात्रा में संत महंत महामंडलेश्वर बड़े उल्लास के साथ अपने अपने अखाड़ों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं पेशवाई महाकुंभ मेले में काफी आकर्षण का केंद्र रहती हैं एक साथ हजारों की संख्या में तपस्वी संत और नागा संन्यासियों के दर्शन के लिए लोग सड़कों पर उमड़ते हैं जगह जगह इनका फूलों से स्वागत किया जाता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने बताया कि महाकृंभ पर्व सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में एक बह्त बड़ा धार्मिक मेला है जो नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा से रूबरू कराता है साथ ही फर्जी साध् संतों और परंपरागत रूप से अखाड़ा से जुड़े संतो में भी अंतर को दर्शाता है

टिहरी जिले के जाखणीधार विकासखंड के रजाखेत पेटब और चंबा में पांच सौ यूनिट के सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए हैं यह प्लांट बंजर भूमि पर लगाए गए हैं रजाखेत में पांच सौ यूनिट के प्लांट को अवकाश प्राप्त कैप्टन राजवीर सिंह कठैत द्वारा निर्मित किया गया है इससे उत्पादित होने वाले बिजली को रजाखेत पावर हाउस से जोड़ा गया है चार रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत विभाग इनसे बिजली खरीदता है लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्लांट से दस हजार से पंद्रह हजार रुपये प्रतिदिन की आमदनी होती है

साइकिल भ्रमण महिला सुरक्षा और अखंड स्वच्छ हिमालय का संदेश देने साइकिल यात्रा पर निकली दो महिलाएं आज चम्पावत जिले के टनकप्र पहंची उत्तरकाशी की श्रृति रावत और बिहार की कविता मेहतो साइकिल पर देश के आठ राज्यों के साथ ही नेपाल के भ्रमण पर निकली हैं इन दोनों महिलाओं ने साइकिल यात्रा निकालकर यह साबित करने का प्रयास किया है की महिलाएं अपनी स्रक्षा के साथ साथ देश और समाज की भी स्रक्षा कर सकती हैं

अभी तक उन्होंने चार राज्यों की यात्रा में ढाई हजार किलोमीटर का सफर किया है